बैठक के दौरान सरकार ने दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी कांग्रेस के गुलाम नवी आजाद और आनंद शर्मा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले डीएमके पार्टी के टी आर बालू तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन नेशनल कांफ्रेंस नेता फारूख अब्दल्ला आल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नवनीता कृष्णन और समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव बैठक में शामिल थे दो घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री बीस तारीख को सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे उन्होंने आशा व्यक्त की कि संसद का यह सत्र उपयोगी रहेगा

इस सत्र में तीन तलाक विधेयक के अलावा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक संवर्ग में आरक्षण विधेयक और आधार तथा अन्य कानून संशोधन विवेयक दो हजार उन्नीस प्रस्तुत किए जा सकते हैं यह सत्र छब्बीस जुलाई तक चलेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे बजट पांच जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यदल के गठन की घोषणा की है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई नीति आयोग की शासी परिषद की पांचवी बैठक के बाद आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि इस कार्यदल का गठन शीघ्र कर दिया जाएगा और यह अगले दो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उन्होंने यह भी बताया कि वर्षा जल संचय सूखे की स्थिति और राहत उपायों आकांक्षी जिलों और सुरक्षा से संबंधित मृद्दों सहित कार्यसूची में शामिल कई अन्य मृदों पर बैठक में चर्चा की गई आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री ने निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य को अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए श्री राजीव कुमार ने बताया कि वाम प्रमावित उग्रवाद और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत तीस जुन को सवेरे ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तथा देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से मिलकर एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है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 प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माइ गोव खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीवे विचार साझा कर सकते हैं लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल करके भी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं इनमें से कुछ संदेश मन की बात के प्रसारण में शामिल किए जा सकते हैं और कुछ सुझायों की चर्चा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर प्रधानमंत्री के पास सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं शिवसेना प्रमुख उद्वव ठाकरे ने आज अयोध्या में अस्थायी रामलला मंदिर में प्रार्थना की उन्होंने कहा कि सरकार को राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश लाना चाहिए इस अवसर पर उनकी पार्टी के अट्ठारह नव निर्वाचित सांसद भी मौजूद थे श्री ठाकरे ने कहा कि कानून बनाओ और मंदिर बनाओ इसके बाद उन्होंने पौधरोपण भी किया प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है तेज़ गर्मी की वजह से आम जन जीवन प्रभावित है और अनेक जगहों पर पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान पैंतालिस डिग्री सेल्सियस के आस पास है जो सामान्य से ऊपर है प्रदेश में आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को बेहद परेशान कर रहे हैं पानी बचाने के लिए कई जगहों पर जिला प्रशासन ने कार धुलाई केंद्रों को मानसून आने तक प्रतिबंधित कर दिया है उधर हमीरपुर सहित बुन्देलखण्ड के कुछ जिलों में आज शाम धूल भरी आंधी आने और हल्की ब्रंदाबांदी होने का समाचार है आसमान में काले बादल छाए हुए हैं जिससे लोग गर्मी से कुछ राहत महससू कर रहे हैं